प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे देशभर के विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए जमीन देने वाले किसानों को किया सम्मानित

यह कार्यक्रम कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा श्री मोदी विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देंगे और उन्हें परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में तरीके बतायेंगे कार्यक्रम में देशभर से दो हजार से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं जनवरी दो हजार उन्नीस में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दसरे संस्करण में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि माता पिता को अपने अध्रे सपने पूरे करने के लिए बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी क्षमता होती है और उसे समझना बहत महत्वपूर्ण है अमिमावकों के लिए मेरा यही आग्रह होगा कि आपके सपने भी होने वाहिए अपेक्षाएं भी होनी चाहिए लेकिन प्रेरार से परिस्थिति बिगड़ जाती है जब भी आप बच्चे को कमी मानों बहत बढिया आपने खाना बनाया वो अपने मन से खा रहा है तेकिन चूंकि आपने अच्छा बनाया है आपको बहत पसंद है फिर बच्चों को कहो खाओ खाओ खाओ वो खड़ा होकरके वला जाता है प्रेशर से रिएक्शन आता है ऐसा ना हो इसका हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए लेकिन मां बाप ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे एक मनोपैज्ञानिक कारण है कि वे कभी कभी अपने यार दोस्तों या फैमिली फंक्सन में या सोशल फंक्सन में जाते हैं तो अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड बनाकरके ले जाते हैं ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है और इसके लिए यो आपको घर में आ करके ठीक ना करे तो घर में ही डांट दे मैं कैसे जाऊंगा उसकी शादी में तू क्या रिजल्ट लाया है

यानि आपका सफलता या विफलता उनके सोशल लाइफ पर जैसे पता नहीं बहत बड़ा पहाड़ गिर जाता है और उसके कारणे ये हमेशा कोशिरा करते हैं कि उनको समाज में एक स्थान बना रहे इसलिए मां बच्चों पर यह प्रेशर डालने की आदत बन जाती है इसादा नहीं है उनका केन्द्रीय गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह धर्म के आधार पर देश को विभाजित कर रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने वोट बैंक के नुकसान का भय है यही वजह है कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रही है कर्नाटक के हबली में नागरिकता संशोधन जन जाग्रति महाअभियान के दौरान कल शाम एक जनसभा को संबोधित करते हए श्री शाह ने कांग्रेस नेता राहल गांधी को चुनौती दी कि वे यह सिद्व करे कि संशोधन विधेयक से किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता कैसे जा सकती है उन्होंने श्री गांधी को सुझाव दिया कि वे इस कानून का पूरी तरह अध्ययन करें श्री शाह ने लोगों से अनुरोध किया कि वे इस अधिनियम के बारे में कोई भ्रातियां न रखें और इसके सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें केन्द्रीय कपडा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानुन से पड़ोसी देशो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वर्षो से प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा उन्होंने कॉप्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानन पडोसी देशों में उत्पीडित अल्यसंख्यकों को संरक्षण देने के लिये बनाया गया है जिसे कांग्रेस ने सदैव नजरअंदाज किया श्रीमती ईरानी कल वाराणसी में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रही थीं इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य नागरिकता प्रदान करना है न कि किसी की नागरिकता छीनना उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध कर देश का चीरहरण करने वाले सभी चेहरों को बेनकाब करना चाहिये

जनसभा को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी सम्बोधित किया भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानन के सम्थन में राज्यमर में रैलियां आयोजित कर रही है इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता आज गोरखपुर में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इक्कीस जनवरी को लखनऊ में जनसभा को सम्बोधित करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के विकास का आधार बनेगा उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और इस साल के अंत तक मुख्य मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा श्री योगी कल गोरखपुर में एक कार्यक्रम में लिंक एक्सप्रेस वे के लिए जमीन देने वार्ल किसानों को सम्मानित करने के बाद बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का किसान अन्नदाता होने के साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी सहभागी होता है उन्होंने कहा कि किसान अपने पूर्वजों की जमीन देता है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके श्री योगी ने गाजियाबाद के जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का उदाहरण देते हए कहा कि किसानों ने तीन हजार एकड़ में बनने वाले इस हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन दी उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भी इस महीने से काम शुरू हो जाएगा साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे के द्वारा मेरठ को प्रयागराज से जोड़ा जाएगा श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को समयदद ढंग से भूमि का मुआवजा उपलब्ध करा रही है केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बिजली उद्योग से कहा है कि वह बिजली के उपकरणों की गृणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करे उन्होंने कहा कि कई मामलों में आग लगने की घटनाएं घटिया उपकरणों और दोषपूर्ण वायरिंग के कारण होती हैं उन्होंने उद्योगों से आग्रह किया कि वे उत्पाद श्रंखला का हिस्सा बनें और केवल हिस्से पूर्जो के आपूर्तिकर्ता की भूमिका तक सीमित न रहें श्री जावड़ेकर कल ग्रेटर नोएडा में भारतीय विद्युत उद्योग की प्रमुख प्रदर्शनी ईलेक रामा दो हजार बीस का उद्घाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि विद्युत उद्योग प्रौद्योगिकी और नवाचार में दुनिया को भारत से जोड़ने का एक मंच है श्री जावड़ेकर ने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था सालाना छह प्रतिशत की दर से बढ़ती है तो ऊर्जा की वार्षिक वृद्धि दस प्रतिशत होनी चाहिए उन्होंने कहा कि विजली उद्योग को समाज को लाभ पहंचाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के आहवान के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल चलाकर लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया रामपुर की ग्राम पंचायत भोट बक्काल में कल लोगों ने साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया बलरामपुर की ग्राम पंचायत बांसे डीला में फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया महिला कल्याण विभाग की जिला समन्वयक राधिका मिश्रा ने महिलाओं और बालिकाओं को स्वस्थ रहने के साथ साथ उनके अधिकारों के बारे में बताया स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत गांवों में शौचालयों के निर्माण के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए विमिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं इसी कम में मैनपूरी के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ घोषित करने के लिए प्रधानों को प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि खुले में शौच जाने वालों पर पंचायत पांच सौ रूपये का जुर्माना लगाए श्री सिंह ने यह भी कहा कि जिन घरों में अब तक शौचायलों का निर्माण नहीं हुआ है वहां मनरेगा के तहत तत्काल निर्माण कार्य कराया जाए हिंदी समाचार पत्र पंजाब केसरी के निदेशक एवं प्रधान संपादक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा का कल गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया वह तिरसठ वर्ष के थे श्री चोपडा को लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानिया थीं श्री चोपडा दो हजार चौदह से दो हजार उन्नीस तक हरियाणा के करनाल संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री चोपड़ा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है